उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये संवेदशील और स्वस्थ शरीर एवं मानसिकता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तथा यह योग सुनिश्चित करता है शायद ही कोई जगह ऐसी होगी जहां इंसान हो और योग के साथ जुड़ा हुआ न हो इतना बड़ा योग ने अब रूप ले लिया है दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद श्री मोदी का मन की बात का यह पहला कार्यकम था श्री मोदी ने आपातकाल के बाद आम चुनाव और हाल के लोकसभा चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व करार दिया और कहा कि लोगों ने लोकतंत्र के लिये मतदान किया है उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र बहुत महान है और इस लोकतंत्र को भारतीय समाज की रगों में जगह मिली है सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से यह जयनमानस में बसा है प्रधानमंत्री ने देश में पानी की कमी को देखते हुए आज देशवासियों से जल संरक्षण के लिये आंदोलन शुरू करने का आहवान करते हुए कहा कि इसके लिये पारंपरिक तौर तरिकों पर ध्यान दिया जाना चाहिये पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिये जागरूकता अभियान बढ़ाये जाना चाहि एक राशन कार्ड केंद्र सरकार अगले वर्ष जून के अंत तक पूरे देश में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करेगी कल नई दिल्ली में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस योजना को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे हितग्राहियों को भी लाभान्वित करना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद मिलेगी

जनजातीय मंत्रालय जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने आदिवासी समुदायों की आदमनी बढ़ाने तथा युवाओं को रोजगार के उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन बाजार की बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन के साथ एक करार किया है जिससे आदिवासी घरों में बने उत्पादों को वैश्विक स्तर उपलब्ध कराया जा सकेगा करार के अनुसार जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राईफेड के माध्यम ये आदिवासी क्षेत्रों होने वाली वनोपज और हथकरघा उत्पाद अमेजन पर उपलब्ध होंगे ट्राईफेड के अध्यक्ष प्रवीर कृष्ण ने कहा कि ट्राईफेड का उद्देश्य आदिवासी उत्पादों को घर घर पहुंचाना है जिससे आदिवासी समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके इसके लिए ट्राईब्स इंडिया के तहत गो ट्राईबल अभियान शुरू किया गया है इसमें आदिवासी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा अमरनाथ यात्रा देश के विभिन्न भागों से वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिये पहुंचे साधुओं समेत अन्य तीर्थयात्रियों का जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से पवित्र गुफा के लिये रवाना हुआ उधमपुर डोडा रेंज के उप महानिरीक्षक सुरजीत के सिंह ने बताया कि तीर्थयात्रियों की कड़ी सुरक्षा के मददेनजर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्री स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किये गये हैं गांदरबल ज़िले के बालटाल आधार शिविर से तीर्थयात्री कल तीन हज़ार आठ सौ अस्सी मीटर की ऊंचाई पर रिथत अमरनाथ मंदिर के लिये आगे की यात्रा शुरू करेंगे

विश्वकप क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में अब तक अजेय भारत का सामना अब से कुछ देर बाद बर्मिंघम में मेज़बान इंग्लैंड के साथ होगा

जीतने पर सेमी फाइनल में भारत की जगह पक्की हो जाएगी और इंग्लैंड प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से आज दोपहर ढाई बजे से प्रसारित किया जाएगा विश्व कप में इससे पहले कल दो मैच खेले गए आस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया जबकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पराजित किया लॉर्ड्स में खेले गए मैच में मौजूदा चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को छियासी रन से हरा कर अंक तालिका में अपनी स्थिति और मज़बूत कर ली

भोपाल सहित प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इसके आदेश जारी कर दिये गये है

मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में प्रदेश के कई इलाको में भारी बारिश का अनुमान जताया है